दोषियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश

क्ष्ठ रोग प्रदेश में आज से स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोगों से इस अभियान में बढचढ़ कर भाग लेने की अपील की है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि लोग इस अभियान में सहभागी बने और अपने प्रदेश को कृष्ठ मुक्त बनाने का संकल्प ले जनसम्पर्क मंत्री पीसीशर्मा ने आज भोपाल में इस अभियान की शुरूआत की इस दौरान उन्होंने शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया उन्होंने कहा कि कृष्ठ रोग भी अन्य बीमारियों की तरह ही है जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है यह छूआछूत या संक्रमण की बीमारी नहीं है

शहीद दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में मिन्टो हॉल परिसर में स्थित गांधीजी की प्रतिमा के समक्ष पुष्पाजंलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी

होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के गांधी चौक पर माल्यार्पण कर विभिन्न राजनैतिक दलों वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने बापू को याद किया वहीं राजगढ में कलेक्टर कार्यालय परिसर में शासकीय कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि दी उधर ग्ना में शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर विद्यालय में शहीदों की याद में छात्राओं ने दो मिनट का मौन रखा बैतूल में कलेक्टर तरूण कुमार पिथौडे की उपस्थिति में सभी कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन धारण किया

अब यहां स्थिति नियंत्रण में है